लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जायेगा गुरूवार को होगा मतदान

मायावती को देवबंद में दिए गए उनके भाषण में एक धर्मविशेष के लोगों को समाजवादी पार्टी बहजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील करने पर नॉटिस जारी किया गया था वहीं श्री योगी को मेरठ में एक चुनावी रैली में उनकी बयानबाजी पर नोटिस जारी किया गया था यह प्रतिबंध आज से लागू होगा निर्वाचन आयोग ने इन नेताओं के बयानों की कडी निन्दा की है

जयपुर से भाजपा के रामचरण बोहरा अलवर से महंत बालक नाथ जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस की कृष्णा पूनिया भरतपुर से भाजपा की रंजीता कोली ने कल अपने नामांकन भरे

श्री राठौर के नामांकन पत्र दाखिल करने के अवसर पर कई जानी मानी हस्तियां उपस्थत रहेगी गौरतलब है कि जयपुर ग्रामीण संसदीय सीट से दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरे कोन्द्रीय मंत्री कर्नल राठौर के सामने कांग्रेस पार्टी ने ओलम्पिक पदक विजेता और विधायक कृष्णा पूनिया को मैदान में उतारा है

इसके तहत निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किये गये फेसबुक पेज पर फोटो अपलोड करने होगे

सिरोही जिले के रोहिडा थाना क्षेत्र में नकली जीरा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है

भरतपुर में बहरामदा गांव के पास ट्रेक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार युवक और युवर्ती की मौत हो गई करौली जिले के सपोटरा बालोतरा मार्ग पर जीप की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई बीकानेर में पलाना के पास मकान की दीवार गिरने से एक बालिका की मौत हो गई

एनएचएम के मिशन निदेशक डॉ समित शर्मा ने बताया कि इसके लिये राज्य स्तर से जिलावार अधिकारियों की टीम तैयार की गयी हैं जो अगले पांच दिन जिला अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर इन व्यवस्थायों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी

नागौर में कल शाम तेज धूलभरी आंधी के बाद बारिश हुई

हनुमानगढ़ जिले में कल देर शाम आए आँधी तूफान और बारिश से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया हमारे संवाददाता ने बताया कि जंक्शन और टाउन की मण्डियों में गेहूं भीग गया वही टिब्बी कस्बे में आंधी से पशुचारे में आग लग गयी

राजसमंद के रेलमगरा में कल बिजली गिरने से क बालक की मौत हो गई वहीं एक ही परिवार के तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गये ये हादसा दामोदरपुरा गांव में खेत में काम करते समय हुआ झालावाड़ में आंधी चलने और बादल छाने से किसानों की चिंता बढ गई है वहीं बूंदी में दोपहर ंतक तेज गर्मी रही लेकिन बाद में बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा हो गया जालौर में धूल का गुबार छाया रहा जयपुर में कल देर शाम तेज आंधी चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पडा उधर आज सुबह जयपुर सवाईमाधोपुर धौलपुर करौली और दौसा के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई जिससे लोगो को गर्मी से निजात मिली है